सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आज दोनों देशों की शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात रियाद पहुंचे थे उनका सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद से द्विपक्षीय वार्ता का कार्यक्रम है वे युवराज मोहम्मद बिन सलमान के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता में भी हिस्सा लेंगे

इसमें यूरोपीय संसद के इटली ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी और पोलैंड से संबंधित सदस्य शामिल हैं शिष्टमंडल ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात थी

प्रधानमंत्री ने शिष्टमंडल को बताया कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए यूरोपीय संसद के सदस्यों की भारत के विभिन्न भागों की यात्रा की इच्छा पूरी होने की आशा व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की यात्रा से उन्हें जम्मू कश्मीर और लद्दाख की विविधतापूर्ण संस्कृति तथा धार्मिक विविधता की बेहतर समझ हासिल करने में मदद मिलेगी

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी

जस्टिस बोबडे का जन्म नागपुर में हुआ था

पर्वतारोही छिंदवाड़ा जिले के तामिया की रहने वाली पर्वतारोही भावना डेहरिया ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर दीपावली के दिन तिरंगा लहराया

माईदूज देशभर में आज भाई दूज का पर्व मनाया जा रहा है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यह त्योहार मनाया जाता है आज के दिन बहनें व्रत पूजा कथा आदि कर भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं और उनके माथे पर टीका लगाती हैं इसके बदले भाई भी उनकी रक्षा का संकल्प लेते हुए उपहार देते हैं यह त्योहार रक्षाबंधन की तरह ही महत्व रखता है आगरमालवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में आज भाईदूज का पर्व पारंपरिक श्रद्वाभाव से मनाया जा रहा है शिवपुरी में भी भाईदूज के साथ पांच दिवसीय दीपावली का पर्व आज समाप्त हो जायेगा छिंदवाड़ा छतरपुरभिंड मुरैना शहडोलसतना दमोह और बैतूल से भी भाईदूज का पर्व मनाने के समाचार मिले हैं मौसम राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अनेक स्थानों पर कल देर रात तक तेज बारिश हुई

मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर में बने चकवात की वजह से राज्य के अधिकांश जिलों के मौसम में बदलाव आया है

पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है